नव वर्ष को लेकर लोगों में उत्साह

केंद्र सरकार ने बिहार में प्रधानमंत्री पैकेज के तहत आठ नई परियोजनाओं के लिये छह हजार आठ सौ करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी कर दी है नई दिल्ली में हुयी उच्च स्तरीय बैठक में इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गयी इसके अंतर्गत लगभग उन्नीस सौ करोड़ रूपये की लागत से विक्रमशिला सेतु के समानांतर चारलेन के पुल और नवगछिया भागलपुर एनएच का निर्माण किया जायेगा इसके अलावा बक्सर चौसा होते हुये मोहनियां समस्तीपुर दरभंगा भागलपुर ढाका मोड़ हाजीपुर से बछवाड़ा श्रवण चकाई समेत अन्य राष्ट्रीय उच्च पथ निर्माण की योजनाएं शामिल हैं आम आदमी के इस्तेमाल की सत्रह वस्तुयें और छह सेवाओं की घटी जीएसटी दरें आज से लागू हो गयी हैं सस्ती होने वाली वस्तुओं में सिनेमा के टिकट टेलीविजन मॉनिटर स्क्रीन और पावर बैंक जैसी सत्रह वस्तुयें शामिल हैं जीएसटी परिषद ने बाईस दिसम्बर को तेईस वस्तुओं और सेवाओं पर कर घटा दिया था संगीत पुस्तकें संरक्षित सब्जियां और जनधन योजना के तहत बैंक खातों पर भी कर से छूट दी गई थी तेल कंपनियों ने गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में एक सौ बीस रुपए की कमी की है वहीं सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर छह रुपए सस्ता हुआ है

आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्यम आय वर्ग के लिए ऋण सब्सिडी मार्च दो हजार बीस तक के लिए बढ़ा दी गई है नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस योजना से लगभग एक लाख लाभार्थियों को लाभ मिला है श्री पुरी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अड़सठ लाख सत्तर हजार आवास स्वीकृत किये गये थे जिसमें से सैंतीस लाख निर्माणाधीन हैं तेरह लाख पचास हजार आवास तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को दे दिये गये हैं पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान के बाद शहर के कला और शिल्प महाविद्यालय परिसर में कथित तौर पर बर्ड फ्लू के कारण चार पक्षियों के मरने का मामला सामने आया है परिसर में चार कौवे मृत पाये गये इसके बाद विशेषज्ञों की टीम ने कॉलेज पहुंचकर मृत पक्षियों के नमूने संग्रह किये हैं इधर भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड क्षेत्र में अचानक दो सौ से अधिक मुर्गे मुर्गियों की मौत की खबर है हालांकि अभी तक मृत पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है गौरतलब है कि संजय गांधी जैविक उद्यान में बर्ड फ्लू के कारण दो मोर की मौत हो गयी थी इससे पहले छह मोर की मौत के बाद चिड़ियाघर को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है जैविक उद्यान प्रबंधन ने छब्बीस पक्षियों के नमूने विमान से राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल भेजा है आस पास के मिट्टी और पानी के नमूने भी जांच के लिए भेजे गये हैं

जम्मू कश्मीर की ओर से चलने वाली ठंडी हवा के कमजोर पड़ने के कारण दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी लेकिन सुबह और रात में ठंड बढ़ी रहेगी दिन के समय अधिकांश स्थानों पर धूप खिलने के आसार हैं गया दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड के सोन नगर स्टेशन पर रेलवे लाइन पर मेटेनेंस कार्य के कारण पटना गया भभुआ इंटरसिटी समेत तेरह जोड़ी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन सत्रह जनवरी से सत्ताईस जनवरी के बीच रद्द रहेगा जबकि सोलह जोड़ी ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जायेगा वर्ष दो हजार उन्नीस में प्रवेश करने के साथ ही राज्यभर में नये वर्ष का जश्न शुरू हो गया है कल देर शाम से ही राज्यभर में उत्सव मनाने का क्रम जारी है राज्य के प्रमुख पिकनीक स्थलों पर आज लोग भारी संख्या में जमा हो रहे हैं राजधानी पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान के बंद होने के कारण राजधानी वाटिका समेत शहर के विभिन्न पार्कों में भीड़ अधिक होने की संभावना है इसे देखते हुये सभी स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गयी है शहर के होटलों और क्लबों में पुलिस बल और अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किये गये हैं प्रमुख स्थलों पर नियंत्रण कक्ष बनाये गये हैं प्रशासन ने एहतियात के तौर पर गंगा नदी में नाव परिचालन पर भी रोक लगा दी है इधर प्रलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को इस अवसर पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिये हैं नव वर्ष के शुभ अवसर पर राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के सभापति हारूण रशीद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं नव वर्ष की शुरूआत के साथ ही आज से कई नियमों में बदलाव लागू हो गये हैं जिनका सीधा असर लोगों पर पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम समयसीमा इकतीस दिसंबर निकलने के बाद अब इकतीस मार्च दो हजार उन्नीस तक दस हजार रूपये जुर्माने के साथ रिटर्न भरा जा सकता है आज से पूराने क्रेडिट और डेबिट कार्ड नहीं स्वीकार किये जायेंगे इसकी जगह ईएमवी वाले कार्ड जारी किये जा रहे हैं आज से गैर सीटीएस वाले चेक नहीं भुनाये जा सकते हैं इसके साथ ही आज से एसबीआई लोन पर प्रोसेसिंग फीस भी लिया जायेगा सिखों के दसवें गुरू गोविंद सिंह जी महाराज का ग्यारह दिवसीय प्रकाशोत्सव पर्व आज से शुरू हो गया है पंच प्यारों की अगुवाई में आज सुबह साढ़े चार बजे तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब से प्रभातफेरी निकाली गयी प्रकाशोत्सव पर्व के लिये देश विदेश से सिख श्रद्दालुओं के पटना पहुंचने का क्रम शुरू हो गया है आने वाले श्रद्वालुओं के लिये टेंट सिटी और लंगर की व्यवस्था की जा रही है प्रकाशोत्सव का मुख्य समारोह तेरह जनवरी को गुरू घर के विशेष दिवान में मनाया जायेगा इस सिलसिले में गायघाट गुरूद्वारा में दस दिसंबर और ग्याहर जनवरी को तख्त साहिब में अखण्ड पाठ का आयोजन किया जायेगा केंद्र सरकार ने कहा है कि पच्चीस राज्यों ने सभी परिवारों के लिये विद्युतीकरण का शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है बिजली मंत्री आरके सिंह ने एक बयान में कहा कि असम राजस्थान मेघालय और छत्तीसगढ़ में केवल दस लाख अड़तालीस हजार घरों का विद्युतीकरण नहीं हो पाया है ये राज्य सभी घरों का विद्युतीकरण करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं केंद्र सरकार ने कहा है कि पिछले चार वर्ष में कृषि ऋण प्रवाह सतावन प्रतिशत बढ़कर ग्यारह लाख करोड़ रूपये से ऊपर पहुंच गया है कृषि मंत्रालय की विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस दौरान ब्याज सब्सिडी डेढ गूनी बढ़कर पंद्रह हजार करोड़ रूपये हो गयी मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने किसानों के हित को सुरक्षित रखने और उनकी बेहतरी के लिये अनेक कदम उठाये हैं मिजोरम के खिलाफ खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले में बिहार जीत से केवल पांच विकेट दूर है मैच के दूसरे दिन मिजोरम की पहली पारी सतहत्तर रन पर धराशायी हो गयी दूसरी पारी में भी मिजोरम के पांच विकेट इक्यासी रन पर गिर गये बिहार की ओर से समर कादरी और अभिजीत ने बेहतरीन गेंदबाजी की इधर पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेले जा रहे कूच बिहार ट्रॉफी क्रिकेट में पियूष के शतक और हर्ष राज के अर्धशतक की बदौलत बिहार ने मेघालय के खिलाफ स्थिति मजबूत कर ली है पहले दिन का खेल खत्म होने पर बिहार ने पहली पारी में तीन विकेट खोकर तीन सौ अठारह रन बना लिये हैं पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित पूर्वी भारत भारत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने छह स्वर्ण पदक समेत बारह पदक जीत लिया है बिहार में उच्च शिक्षा के विकास का रोडमैप तैयार करने के लिए अगले वर्ष फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों का दो दिवसीय सम्मेलन राजभवन में आयोजित किया जाएगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सूर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है चिप्स फैक्ट्री में आग चार मजदूर जिंदा जले अखबार की एक अन्य खबर है औद्योगिक नीति की होगी समीक्षा दैनिक जागरण का शीर्षक है विपक्ष ने राज्यसभा में तत्काल तीन तालाक बिल की राह रोकी प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री के आश्वासन को सुर्खी बनाते हुये लिखा है कारोवारियों को दी जायेगी पूरी सुरक्षा दैनिक भास्कर की खबर है नीतीश सरकार के कई मंत्री अपनी पत्नी से गरीब कई कर्जदार अधिकतर के पास हैं हथियार

नव वर्ष को लेकर लोगों में उत्साह